प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है प्रधानमंत्री ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि गुरूदेव चाहते थे कि भारत की श्रेष्ठ बातों का पूरी दुनिया को लाभ मिले और उसी तरह बाकी दुनिया की श्रेष्ठ बातों का भी भारत को लाभ मिले उन्होंने कहा कि देश विश्वभारती का संदेश पूरी दृनिया में फैला रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वभारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है

उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिये प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबुत बनायें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नए वर्ष में पहली जनवरी से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की वर्चअल माध्यम से आयोजित समारोह में आज श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग लागू होगा श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लालजा पर नहीं रूकना पड़ेगा इससे ईंधन और समय की बचत भी होगी मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है ताकि सभी वाहन मालिक अगले दो महीनों में फास्टैग लगवा लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे

श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अन्भव बताएंगे इस अवसर पर कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे आज किसान दिवस पर गोड्डा जिले के किसानों ने एक दूसरे को बधाई दी धान की अच्छी फसल होने के बाद किसान खुश हैं और उनके धान की खरीदारी भी पैक्स के माध्यम से की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने नया कृषि कानून लाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब किसानों को छूट है कि वह सरकारी और निजी दोनों तरह की मंडियों में उपज बेच सकते हैं इससे उन्हें ज्यादा कमाई होने की संभावना है साथ ही साथ अब कारपोरेट जगत सीधा किसानों के खेत में आकर उनसे सामंजस्य बनाकर काम कर सकता है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों और फर्जी कंपनियों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है सुश्री सीतारामन ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा जीएसटी कानून में यह प्रावधान है कि जिन लोगों ने छह या उससे अधिक महीनों के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकते हैं मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल प्रक्षेपण की शानदार कामयाबी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरंडीओ को शुभकामनाएं दी हैं

श्री जावडेकर ने कहा है कि स्वदेशी क्षमता से मिसाइल विकास टेक्नोलॉजी को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाना डीआरडीओ की महत्वपूर्ण उपलब्धि है

वहीं आज रात से ही ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस का जश्न मनायेगें चर्च की ओर से क्रिसमस की तैयारी पूरी कर ली गई है कोविड गाइडलाइन के अनुसार मिस्सा होगी चर्च में भीड़ ना हो इसके लिए टोला के अनुसार अलग अलग पल्ली पुरोहितों द्वारा मिस्सा का संचालन किया जाएगा किसी भी चर्च में निर्धारित संख्या से ज्यादा विश्वासियों को शामिल नहीं किया जाएगा

देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और यह अब तक संक्रमित हुए कुल मरीजों का सिर्फ दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत रह गई है

मृत्यु दर भी कम होकर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गई है

ताजा समाचार टिवटर हैंडल

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के टिवटर हैंडल

इस मौके पर अधिकारियों की ओर से तैयारियों की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई

इस समाहरोह में राज्य एवं जिला स्तर पर होने वाले समारोह में पांच लाख तैतीस हजार से अधिक लाभूकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा केन्द्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है और उनके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर उनका समाधान खोजने का अपना संकल्प दोहराया है सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें किसान यूनियनों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है कि केन्द्र किसानों के र्साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने को हमेशा तैयार है भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की तीखी आलोचना की है आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किसान कानूनों को किसानों के हित में बताया और कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल को इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की श्री गांधी ने मीडिया को बताया कि ये किसान तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना भी चाहा जिसे पुलिस द्वारा रोक दिया गया राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानन्द भोक्ता ने आज हजारीबाग जिले के केरेडारी में जरुरतमंदों के बीच कम्बल और मच्छरदानी का वितरण किया इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं से अवगत है सरकार किसानों की बुनियादी सवालों का हल ढूढने का प्रयास कर रही है

इसका लाभ पूरे राज्य के मजदूर किसान एवं अन्य श्रेणी के लोगों को मिल रहा है लातेहार जिला प्रशसन ने तमिलनाडु मे बंधक बनाए गए तीन बच्चों को मुक्त करा लिया है

अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है यह दिन लोगों के जीवन को शांति सदभाव और दया की भावना से परिपूर्ण करता है श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि क्रिसमस त्योहार विश्वशांति लेकर आएगा और इससे मानवता में सदभाव बनाए रखने में मदद मिलेगी उधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेष में कहा है कि क्रिसमस का त्योहार करुणा और क्षमा के ईसा मसीह के उपदेशों पर हमारे विश्वास को सुद्रढ़ करता है उन्होंने कहा है कि क्रिसमस अपने परिजनों और मित्रों के साथ इकट्टा होकर धूमधाम से खुशियां मनाने का दिन है उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों से इस साल क्रिसमस का त्योहार सादगी मनाने को भी कहा है राज्यभर में मसीही समुदाय के लोगों द्वारा कल पच्चीस दिसंबर को किसमस मनाने की तैयारी पूरे उत्साह के साथ की गयी है लोगों ने गिरिजाघरों और अपने घर को अच्छी तरह सजाया है आज रात दस बजे से ही मसीही उत्साह के साथ किसमस का जष्न मनाने लगेंगे किसमस को लेकर गिरिजा घरों में प्रार्थना की विषेष तैयारी की गयी है साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि चर्च में एक साथ ज्यादा विष्वासी न जुटें पच्चीस दिसंबर को ही प्रभु ईशा का जन्म हआ था इस दिन को क्रिसमस डे के रुप में प्रभु ईशा को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिये मनाया जाता है

पंचायत सेवक द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत कुआं निर्माण के लाभुक जतपुरा ग्राम निवासी सुनिल कुमार यादव ने एसीबी की टीम से किया था युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया साइक्लोथॉन के द्वितीय संस्करण का आयोजन आज रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेन्टर में हुआ ब्रिगेडियर नरेंद्र चारग ने हरी झंडी दिखाकर जवानों को रवाना किया इस आयोजन के तहत सेना के जवानों ने साइकिल से रामगढ से रांची और फिर रामगढ वापसी की

इस आयोजन के माध्यम से जवानों ने शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए हमेशा फिट रहने का संदेश रास्ते में मिलने वाले लोगों को दिया